ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा इस दौरान उन्होंने शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम यानि पाजा का पौधा रोपा मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने की पहल के लिए बधाई र्देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि होगी उन्होंने कहा कि इससे शहरी और अर्द्वशहरी समुदायों को पौध रोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएग

ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कांगड़ा जिला में जसवां परागपुर के नंगल चौक में पात्र व्यंक्तियों को सहायता राशि के चैक वितरित करते हुए कही

उन्होंने कहा कि जसवां परगपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सबसे ज्यादा सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है जिसमें से अधिकतर राशि गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए आबंटित की गई है उद्योग मंत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का चंहमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता है राठौर प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में हुए नगर निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर आरोप लगायाँ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मशोबरा ब्लॉक के कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य को अंगवा करने के मामले में कहा कि एक चुने हए प्रतिनिधि को बंधक बनाना पूरी तरह गैर कानूनी था उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक को इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में कांग्रेस समर्थित जीते हुए उम्मीदवारों को डरा धमकाकर व प्रलोभन देकर उन्हें अपने पक्ष में करने के पूरे प्रयास कर रही है राठौर ने कहा कि वे मशोबरा ब्लॉक के इस मामले और प्रदेश में लोकतंत्र हनन की शिकायत राज्यपाल से करेंगे

विश्वविद्यालय द्वारा इस परीक्षा के लिए पात्र छात्रों प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं जो इग्नू की वैवसाईड डब्लू डब्लू डब्लू डॉट इग्नू डॉट ए सी डॉट इन पर उपलब्ध है